राज्य सरकार ने कोरोना संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए रिम्स का ऑफिशियल ट्वीटर एकाउंट शुरु किया राज्य में हड़ताल पर चल रहे सभी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी कल से काम पर वापस लौटेंगे गढ़वा में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हथियारों के साथ सात आरोपी गिरफ्तार राज्य में कोरोना संकमण के कारण आज चार लोगों की मौत हो गई इसमें जमशेदपुर से तीन और पलामू से एक व्यक्ति शामिल हैं जमशेदपुर में हई तीन मौतों में धनबाद के एक व्यक्ति और जमशेदपुर की दो महिला शामिल है

जिले के सिविल सर्जन डा जॉन एफ कनेडी ने इसकी पुष्टि की है इसके साथ ही कोरोना के कारण अब तक एक सौ उनचास लोगों ने अपनी जान गंवाई है वहीं आज कोरोना के कुल पंद्रह नये मामले सामने आये इधर कोडरमा जिले में आज बत्तीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुटटी दी गई

चिकित्सक डॉक्टर अजीत कुमार दुबे ने बताया कि सभी नारायणपुर प्रखंड के प्रवासी हैं सभी को आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है

लोहरदगा जिले में आज बारह नये कोरोना संक्रमित पाये गये हैं इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या तीन सौ अठारह पहुंची सदर अस्पताल उपाधीक्षक ने इसकी पुष्टि की आज एक व्यक्ति को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छट्टी दे दी गयी है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

श्री गुप्ता ने बताया कि रिम्स का ऑफिशियल टिवीटर हैंडल जनता से सीधे जोड़ने और उनतक पहुंचने का प्रयास है उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को यहां रख सकते हैं राज्य भर में हडताल पर चले गये सभी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी कल से काम पर वापस लौटेंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता और स्वास्थ्य सचिव ैनितिन मदन कुलकर्णी के साथ वार्ता के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने यह फैसला लिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में गेमचेंजर साबित होगी उन्होंने कहा कि इसे अमल में लाने के लिए हम सभी को एकसाथ संकल्पबद्ध होकर काम करना होगा नई नीति से इक्कसवी सदी के भारत की शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला मजबूत होगी प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन को विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित कर रहे थे

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्टडी इन इंडिया स्टे इन इंडिया के माध्यम से देश के छात्रों के पलायन को रोकने में सक्षम हो पायेंगे उन्होंने कहा कि शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में सुधार के लिए कई ठोस कदम उठाये गये हैं नई शिक्षा नीति देश के भविष्य के निर्माण के आधारशिला बनेगी बोकारो स्टील सिटी के छात्र अक्षय राज का चयन सिंगापुर के ग्लेाबल सिटीजन स्कॉलरशिप के लिए हुआ है अक्षय को सिंगापुर में कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं की पढ़ाई के लिए नब्बे हजार डॉलर मिलेगा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीइआरटी इस प्रतियोगिता के लिए नोडल एजेंसी गोगी प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत विषय के अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों से निबंध लिखने होंगे रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी या किसान रेल का वीडियो लिंक के जरिए शुभारंभ किया इस रेलगाड़ी से महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच माल की दुलाई गई इसमें फल और सब्जियां गंतव्य तक पहंचाई जाएगी

इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि यह रेलगाड़ी किसानों को समृद्ध बनाएगी उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन की दुलाई के लिए बजट में किसान रेल की घोषणा की गई थी श्री तोमर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सभी विकास कार्य रोक दिए गए लेकिन किसानों की मेहनत और प्रयासों के कारण देश में कृषि पर किसी प्रकार का प्रतिकूल असर नहीं पड़ा आज छठा राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जा रहा है कपड़ा मंत्रालय की ओर से इसका वर्च्अल तरीके से आयोजन किया गया इस अवसर पर कपड़ा मंत्री स्माति ईरानी ने हस्तकरघा पोर्टल और एप लॉन्च किया मौके पर उन्होंने कहा कि पोर्टल से कपड़ा मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी मिलेगी समारोह के दौरान देशभर के हथकरघा समूह राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएफटी से जुड़े कॉलेज सभी अठाइस बुनकर सेवा केन्द्रों राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास निगम और अन्य लोग ऑनलाइन शामिल हुए

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नेहरू पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाए श्री सोरेन ने कहा कि इस पार्क की पहचान एचईसी प्लांट के निर्माण के साथ जुडी है ऐसे में इसकी साफ सफाई और सौंदर्यीकरण की दिशा में कदम उठाए जाएं साथ ही उन्होंने पुलिस मुख्यालय परिसर का जायजा लिया और यहां अधिकारियों के साथ अनौपचारिक विचार विमर्श में उन्होंने प्रोजेक्ट बिल्डिंग समेत सचिवालय के सभी बिल्डिंगों को एक कैंपस में लाने पर जोर दिया नेता प्रतिपक्ष मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्म से मिला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की श्री प्रकाश ने कहा कि बीजेपी के सभी विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष चुना है इसके बावजूद अभी तक सरकार ने नेता प्रतिपक्ष को मान्यता नहीं दी है वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने नेता प्रतिपक्ष मामले में कहा कि इसका निर्णय स्पीकर द्वारा किया जाता है गढवा पुलिस ने शक्रवार को केतार थाना के बत्तो गांव में छापेमारी कर एक बडे मिनी गन फैक्ट्री का उदभेदन किया है इस मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है गढवा पुलिस अधीक्षक खोत्रे श्रीकांत एस राव ने आज एक प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी एसपी ने बताया कि पुलिस को छह अगस्त को ही इस हथियार के निर्माण एवं इसके कारोबार के विषय में गुप्त सुचना मिली थी इसके बाद से ही पुलिस द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र के विरुद्व छापामारी अभियान चलाया जा रहा था कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र के काराखोखो गांव में मवेशी चराने गई तीन चचेरी बहनों की डोभा में डबने से मौत हो गई है एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत से जहां पुरा परिवार सदमे में है वही पूर्लिंस ने तीनों बच्चियों के शव को डोभा से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए मेज दिया है